कांग्रेस बैठक प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने अपने नाराज विधायको को मनाने और बचे हए विधायको को संभालने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह और सज्जनसिंह वर्मा को बैंगलूरू भेजा गया हैं जहां ये इस्तीफा दे चुके विधायकों से संपर्क की कोशिश करेंगे वहीं पार्टी के बाकी विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान भेजा जा रहा है इससे पहले मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में कल शाम मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें भरोसा दिलाया कि सरकार के पास बहुमत है और वो इसे सदन के पटल पर साबित करेंगे बैठक में पारित लिखित प्रस्ताव में भाजपा द्वारा जनादेश प्राप्त कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों की घोर निंदा की गई प्रस्ताव में कहा गया कि भाजपा ने प्रजातंत्र को शर्मसार करते हुए जनप्रतिनिधियों को प्रलोभित प्रताड़ित और गुमराह करके प्रजातंत्र को शर्मसार किया है प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री कमल नाथ के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश को माफियामुक्त बनाने के लिए संगठित अपराधियों और मिलावटखोरों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा वो भाजपा को रास नहीं आया पार्टी आलाकमान ने अपने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और हरिश रावत को भी इस दौरान मध्यप्रदेश भेजा है

भाजपा बैठक उधर भाजपा विधायक दल की बैठक कल प्रदेश कार्यालय पं दीनदयाल परिसर में संपन्न हई बैठक के बाद वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसमें राज्यसभा चुनाव पर रणनीति तैयार की गई बैठक के बाद सभी पार्टी विधायको को दिल्ली भेजा गया जहां से इन्हें हरियाणा की एक होटल में रखा गया है सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ते ही उनके समर्थक भी बगावत पर उतर आए हैं बड़े पैमाने पर सिंधिया समर्थकों ने अपने पदों से इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं पार्टी के जिला अध्यक्षों और महासचिव से लेकर अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल श्री सिंधिया के समर्थकों ने सामुहिक रूप से इस्तीफे सौंपे वहीं इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने कांग्रेस छोड़ दी है वे पिछले डेढ़ साल से पार्टी से नाराज चल रहे थे और कई बार उपेक्षा का भी आरोप लगा चुके थे उधर शिवप्री में प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरवीर सिंह ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है उनके अलावा प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश जैन अमोल विजय शर्मा शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्वांत लड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है ग्वालियर में प्रवीण अग्रवाल ने भी कांग्रेस मप्र उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और ग्वालियर व्यापार मेला प्रधिकरण के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है

कोरोना सलाह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों से चीन इटली ईरान कोरिया जापान फ्रांस स्पेन और जर्मनी की यात्रा से बचने की सलाह दी और उनसे विदेश की गैर जरूरी यात्रा नहीं करने को कहा है

इस दौरान स्वयंसेवी संगठन के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को एड़स के प्रति जागरुक किया स्वास्थ्य परीक्षण सीहोर जिला प्रशासन द्वारा आज से सभी शासकीय विभागों में कार्यरत महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

टीकाकरण इंदौर जिले में सघन टीकाकरण अभियान मिषन इंद्रधनुष का चौथा चरण चल रहा है

इसके लिए जो ने पहॅचे हम तक हम पहॅचे उन तक की रणनीति से ईट भट्टों निर्माणाधीन भवनों मलिन बस्तियों मजरे टोले बंजारा बस्ती और पहुंचविहीन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है होली प्रदेश में कल रंगों का पर्व होली शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया पांच दिवसीय इस त्यौहार के दूसरे दिन आज भाईदूज मनाया जायेगा इसमें बहने अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है

उधर सिवनी में कल धुलेंडी पर लोगों ने कैमिकल रंगों को छोड़ प्राकृतिक रंगों से होली का त्यौहार मनाया प्रदेश के खंडवा सतना डिंडोरी सीहोर और आगरमालवा सहित सभी जिलों में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मौसम पश्चिमी विक्षोभ के चलते बन रहे चक्रवात के कारण कल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश हई सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कई स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश हई साथ ही बिजली गिरने से जिले के धौलपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी वहीं शिवपुरी जिले में भी अचानक मौसम बदलने से ठंडक बढ़ गयी है

विभाग ने आज ग्वालियर शहडोल चंबल और जबलपुर संभागों में तथा छतरपुर सागर टीकमगढ़ बैतूल होशंगाबाद भोपाल राजगढ़ विदिशा और रायसेन जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

हालांकि एमसी मैरिकॉम अमित पंघल लविना बोर्गोहाइन पूजा रानी आशीष कुमार और ॅसतीश कुमार को अपने अपने भार वर्ग के सेमीफाइनल में कांस्य पदक से संतोष करना पडा

आज क्वालिफायर्स के फाइनल में विकास कृष्ण का मुकाबला जॉर्डन के एशाईया हुसैन से और सिमरनजीत कौर का दक्षिण कोरिया की ओयिओनजी से होगा